इस मौके पर आज सुबह जयपूर के अल्बर्ट हॉल से त्रिमूर्ति सर्किल तक रन फोर निरोगी राजस्थान दौड का आयोजन किया गया दौड को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघ्र शर्मा तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे दौड़ की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी उधर चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में देशभर में अव्वल राज्य बने इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है उन्होंने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढावा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उधर भाजपा की ओर से कल प्रदेशभर में राज्य सरकार के एक साल के शासन की नाकामियों और नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में सांकेतिक उपवास किया गया जयपुर में गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को नाकामियों से भरा बताया

प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ स्वार्थी तत्व लोगों को बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये समय की जरूरत है कि लोगों को एकजुट कर देश के विकास और देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाए अपने कई ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन में गडबडी करना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे

सुत्रों के अनुसार मंत्रालय ने उनसे कहा है कि वे हिंसा रोकने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सम्पत्ति के नुकसान को रोकने के लिए सभी पर्याप्त उपाय करें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है लोगों से कहा गया है कि वे कानून और व्यवस्था शान्ति और धैर्य बनाये रखने के सभी उपाय करें

कल होने वाली जी एस टी परिषद की बैठक से पहले यह कदम उठाया गया है बैठक में राजस्व बढाने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है

श्रीमिश्र कल जयपुर में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी संस्कृत में निहित ज्ञान और विज्ञान से राष्ट्र को समृद्ध बनाएं